भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के स्वर्ण जयती समारोह राष्ट्रीय प्रजनन अनुसंधान संस्थान और महिला प्रजनन स्वास्थ्य पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उदघाटन के अवसर पर कल डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि टीबी का पूर्ण उन्मूलन एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें इलाज का समूचा खर्च सरकार वहन करती है महिला प्रजनन स्वास्थ्य पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने मातू मृत्यू दर में कमी लाने की आवश्यकता पर जोर दिया उन्होंने कहा कि मातृत्व मृत्यू की जिम्मेदारी चिकित्सकों को लेनी होगी और सुनिश्चित करना होगा की देश में गर्भावस्था के दौरान एक भी महिला की मृत्यु न हो खाद्यमंत्री निरीक्षण खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कल रायसेन जिले के ग्राम रतवाई बनगवॉ तथा बमोरी का निरीक्षण कर राशन वितरण व्यवस्था का जायजा लिया उन्होंने राशन वितरण में लापरवाही पाए जाने पर उचित मूल्य दुकान बनगवॉ को सील कर निलंबित करने तथा संबंधित दो कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी एवं एक नापतौल निरीक्षक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के निर्देष दिए श्री तोमर ने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित किए जाने वाले खाद्यान्न पर पहला और आखिरी हक गरीब तबके का हैं इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही या गड़बड़ी बर्दास्त नहीं की जाएगी एक भारत श्रेष्ठ भारत क्लब सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन सीबीएसई से संबंधित प्रदेश के सभी स्कूलों में एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जायेंगी इसके लिए सीबीएसई की ओर से दिशा निर्देश जारी किये गये हैं

इस अवसर पर शिवमंदिरों में पूजा अर्चना के साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं उज्जैन से हमारे संवाददाता ने बताया है कि महाकाल मंदिर में दो दिन तक महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जायेगा

देवास जिले में भी महाशिवरात्रि की उपलक्ष्य में व्यापक तैयारियां की गई हैं आज यहां विशाल शिव बारात निकाली जायेगी नीमचधारऔर बड़वानी जिले में भी महाशिवरात्रि का पर्व परंपरागत तरीके से मनाया जा रहा है गुना जिले में इस अवसर पर शिवालयों में भक्तों की भीड़ देखी जा रही है होशंगाबाद जिले में नर्मदा घाट पर स्थित महादेव मंदिर से शाही सवारी निकाली जायेगी रायसेन जिले के भोजपुर में आज से दो दिवसीय भोजपुर उत्सव प्रारंभ होगा जिसमें शिवभक्ति आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किये जायेंगे मंडला शिवपुरी आगरमालवा छिन्दवाड़ा दमोह बैतूल अनुपपुर शहडोल सागर सतना भिंड मुरैना डिण्डोरीअशोकनगर और पन्ना में भी महाशिवरात्रि पर शिव मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है यहां भण्डारों के आयोजन भी किये गये है दुर्घटना भिंड में आज तड़के बंखण्डेश्वर मंदिर के समीप हुए एक हादसे में तीन लोगों की मृत्यु हो गई

जबकि तीन लोगों को बचा लिया गया मृतक भारोली खूर्द गांव के बताए जा रहे हैं

इसके तहत हम आपको मध्यप्रदेश के पार्टनर स्टेट मणिपुर की लोककला रहन सहन पर्यटन स्थलों और संस्कृति से रू ब रू करा रहे हैं

मैच भारतीय समय अनुसार दिन में डेढ बजे शुरू होगा हाल में आस्ट्रेलिया में तीन देशों की ट्वेंटी ट्वेंटी क्रिकेट श्रृंखला में भारत फाइनल में मेजबान आस्ट्रेलिया से हार गया था